सेना और विदेश मंत्रालय के प्रमुख अधिकारी बॉर्डर पर पहंच गए हैं साथ ही बड़ी संख्या में आम नागरिक भी विंग कमांडर अभिनन्दन का स्वागत करने के लिए वहां मौजूद है

उन्होंने कहा कि सारी दुनिया ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई का समर्थन किया है

आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री शाह ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करने वाले हवाई हमलों के बाद जान गए हैं कि भारतीय पक्ष से जवाब आएगा श्री शाह ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पुलवामा के आतंकी हमले की आलोचना करनी चाहिए थी

त्रैमासिक वैश्विक समीक्षा में कहा गया है कि अन्य प्रमुख एशियाई अर्थव्यवस्थाओं और उभरते बाजारों के मुकाबले भारत वैश्विक स्तर पर विनिर्माण के मामले में मंदी से कम प्रभावित हुआ है इसमें यह भी कहा गया है कि दो वर्षो के दौरान भारत की वृद्धि दर स्थिर गति से चलेगी

श्री अरोड़ा ने आज लखनऊ में आयोजित प्रेस कांफ्रेस में एक सवाल पर कहा कि चुनाव समय पर ही होंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आगामी लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शीपूर्ण तरीके से कराने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान आचार संहिता का कड़ाई से पालन होगा और हर शिकायत पर तत्परता से कार्रवाई की जाएगी

श्री मीणा आज जयपुर में उद्योग और व्यापार सलाहकार समिति की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने बताया कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में छोटे बडे समी तरह के अधिक से अधिक उद्योग लगे औद्योगिक निवेश का अनुकूल वातावरण बने और इस तरह की व्यवस्था हो जिससे उद्यमियों को सरकारी दफ़तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े उद्योग मंत्री ने कहा कि उन्होंने काम संभालते ही औद्योगिक संघों से सीधे संवाद कायम करने का सिलसिला शुरू किया है नई नीतियों के निर्माण में भी औद्योगिक संघों के साथ बैठकें कर साझा प्रयास किए जा रहे हैं

उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार योजना का आरंभ कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किया जाएगा

वार्ता के दौरान चिकित्सा मंत्री ने एनएचएम के संविदा कार्मिकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने और लॉयल्टी बोनस की मांग को लेकर उच्च कमेटी के स्तर पर निर्णय कर शीघ्र समाधान कराने के प्रयास का आश्वासन दिया

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के गोयल ने बताया कि प्रदेश में पहली बार गौशाला संचालकों और उनके प्रतिनिधियों को एक मंच प्रदान करने के लिए राज्यस्तरीय गौरक्षा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के राज्य मिशन निदेशक राजेश्वर सिंह ने बताया कि इस वित्त वर्ष में सहायता समूहों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से विभिन्न आर्थिक गतिविधियों हेतु ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य हांसिल किया जा चुका है तथा शेष ऋण राशि के वितरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है